अब समाचार विस्तार से केन्द्रीय मंत्रिमंडल केन्द्रीय मंत्रिमंडल की कल नईदिल्ली में हई बैठक में राष्ट्रीय कामधेन् आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है इसकी घोषणा पहली फरवरी को बजट भाषण में की गई थी इस आयोग की स्थापना देश में पशुधन के विकास इससे संबंधित नीतियां बनाने और आजीविका अवसरों के सृजन के उद्देश्य से की जाएगी

गुमाश्ता प्रदेश के छोटे व्यापारियों को अब ग्माश्ता लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा राज्य के श्रममंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कल भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि एक बार गुमाश्ता पंजीयन लेने के बाद इसके नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है

श्री सिसौदिया ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे व्यवसाय अवधि में सिर्फ एक बार पंजीयन कराना होगा

गौ शाला प्रदेश में गौ शालाएं बनाने के लिए तेजी से काम शुरू हो गया है आठ जिलों में गौ शाला संचालन के लिए विभिन्न संस्थाएं भी आगे आई हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई बैठक में बताया गया कि भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय प्रौदयोगिकी संस्थानों भी गौ शालाओं के प्रबंधन को सतत् रूप से प्रभावी बनाने में आगे आ रहे हैं बायफ जैसी संस्थाएँ गौ शाला गोद लेने को तैयार हैं गौ शाला नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है गौ शाला विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है बैठक में बताया गया कि अभी छह सौ से ज्यादा ऐसे स्थानों को चुना गया है जहाँ गौ शाला स्थापित की जा सकती हैं बैठक में पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल कृषि मंत्री सचिन यादव मुख्य सचिव एसआर मोहंती और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे कर्मचारी आश्वासन राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनके मांगे समयसीमा में पूरी की जायेंगी भोपाल में कल मंत्रालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह गृह मंत्री बाला बच्चन और जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने संयुक्त बैठक में कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की इस अवसर पर जनसम्पर्क मेंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों का सम्मान हमारा धर्म हैं

औसत से कम वर्षा के कारण जलसंकट गहराने के आसार है इसलिए जिले में नलकूप खनन पर भी रोक लगाई गई है शस्त्र लायसेंस गृह विभाग ने प्रदेश में सभी शस्त्रों का यूआईएन नम्बर जनरेशन का कार्य नियत समय में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं विभाग के अधिकारियों ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये नेशनल डाटा आर्म्स लायसेंस के संबंध में जिला कलेक्टरों से चर्चा की अधिकारियों ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि इस वर्ष मार्च माह के अंत तक जिन शस्त्रों के लायसेंस यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर के अंतर्गत जनरेट नहीं होंगे वे लायसेंस स्वतरू ही समाप्त हो जायेंगे

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वर्तमान में इंदौर भोपाल सागर जबलपुर पचमढ़ी आदि स्थानों के मध्य वाल्वो बसों का संचालन किया जा रहा है शीघ्र ही छिंदवाड़ा से प्रदेश के अन्य जिलों के लिये वाल्वो बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों तक वाल्वो बसों का संचालन शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है

नृत्य् के क्षेत्र में नौ कलाकरों को सम्मानित किया गया जिनमें रामकृष्ण तालुकदार और रमा वैद्यनाथ शामिल हैं रंगमंच के क्षेत्र में नौ कलाकरों को सम्मानित किया गया पारम्पारिक लोक और जनजातीय संगीत के क्षेत्र में दस कलाकारों को सम्मानित किया गया विजय वर्मा और संध्या पुरेचा को प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए सम्मानित किया गया है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम का मिजाज बदल गया है भोपाल में जहां कल रात से रूक रूक कर बारिश और ओलावृष्टि हुई वहीं ग्वालियर सतना में बारिश साथ ओले गिरने से मौसम में ठंडक घुल गई है मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में हवा काच चकवाती घेरा बनने और अरब सागर में नमी के चलते मौसम में यह बदलाव आया है मौसम विभाग ने आज भी भोपाल ग्वालियर चंबल सागर संभागों के कई जिलों और होशंगाबाद बैतूल रतलाम मंदसौर नीमच जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है

उन्होंने इस दौरान कृषि प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया

इन शिविरों में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा